उन्होंने कहा कि नवोन्मेष के बिना जीवन थम सा जाता है

स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकरके मैं आज इसमें एक और स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं और ये है नवोन्मेष इनोवेशन

नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि समाज की समस्याओं को हल करने में शिक्षण संस्थाओं को साझीदार बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा मेरा आग्रह है कि विद्यार्थियों को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के क्लासरूम में ज्ञान दें लेकिन उन्हें देश की आशा आकांक्षाओं के साथ भी जोड़ना होगा इसी मार्ग पर चलते हुए केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकतायों में शिक्षण संस्थानों को भागीदार बना रहे हैं इसी विजन के साथ हमने अटल टिंकरिंग लैव की शुरूआत की है इसमेंस्कूली बच्चों में इनोवेशन की प्रवृति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है साढ़े तीन सौ से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शो का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के चंहुमुखी विकास का प्रमुख साधन है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा कुपोषण और स्वच्छता के संबंध में सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के लामों के बारे में लोगों को जानकारी देने के काम में विद्यार्थियों को शामिल करने का सुझाव दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सतत विकास लक्ष्यों विशेषकर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया है नई दिल्ली में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता पर चार दिन के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि जरूरत के अनुसार शौचालय उचित साफ सफाई और स्वच्छता की आदतों के नहीं होने से जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर भविष्य तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब स्वच्छ भारत के माध्यम से मानव संसाधनों को संजोया जाये और विशाल जनसंख्या का लाभ उठाया जाये सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करने और उनके बलिदान के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए देशभर में तीन दिन का पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है

इस अवसर पर सुश्री सीतारमण ने कहा कि दो हजार सोलह में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है और वह अपनी जमीन पर किसी आतंकी कार्रवाई या भय उत्पन्न करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जोधपुर के सैन्य केन्द्र में तीन दिन की पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया देश भर से पराक्रम पर्व मनाये जाने की खबरें मिल रही हैं उधर सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरी वर्षगांठ वायु सेना स्टेशन बंमरौली में समारोह पूर्वक मनायी गयी ये दिन सशस्त्र सेनाओं के साहस बहादुरी और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिये मनाया जा रहा है वायु सेना स्टेशन बमरोली में हवाई जहाजों का स्टेटिक डिस्ले किया गया जिसमें लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर माइक्रो लाइट और एक पावर हैण्ड ग्लाइड्र शामिल था भारतीय वायु सेना के विशेष बल गरूणध्वज द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र तथा भारतीय वायु सेना के अन्य हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया इस अवसर पर बड़ी संख्या में वायु योद्वा अजर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी प्रसारण होगा प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर कार्य कर रही है इसके तहत केन नदी का बाईस प्रतिशत पानी अब उत्तर प्रदेश को मिलेगा इससे बुन्देलखण्ड के किसानों की पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा सिंचाई मंत्री आज वाराणसी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य भी युद्व स्तर पर कर रही है इसके तहत प्रदेश की विलुप्त हो रही वरूणा गोमती अरैल स्रोत सई तमसा मनोरमा और आमी नदी को पुनर्जीवित किया जा रह है मंत्री ने बताया कि लम्बित पड़ी प्रदेश की मध्य गंगा नहर सरयू नहर बाणसागर और अर्जुन सहायक परियोजना के लिये बजट आवंटित कर कार्य शुरू करा दिया गया है